झारखंड में अलग अलग शहरों से प्रवासी श्रमिकों छात्रों और मरीजों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है अब तक सात हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से विशेष श्रमिक ट्रेन झारखंड पहुंच चुकी हैं आज भी दक्षिण भारत से दो ट्रेन करीब दो हजार चार सौ से अधिक मरीजों उनके परिजनों श्रमिकों और छात्रों को लेकर हटिया स्टेशन पहुंची पहली ट्रेन वेल्लोर से जबकि दूसरी ट्रेन बंगलुरू से हटिया पहुंची उघर श्रमिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन गुजरात से आज दोपहर तीन बजे टाटा नगर स्टेशन पहुंचेगी वहीं आंध्र प्रदेश से प्रवासी मजदूरों को लेकर एक अन्य श्रमिक स्पेशल ट्रेन देर शाम बोकारो स्टेशन पहुंचेगी

सात मई से शुरू हुए इस अभियान के पहले सप्ताह में बारह देशों से पंद्रह हजार लोगों की स्वदेश वापसी हो रही है दूसरे सप्ताह में भारतीयों की वापसी का बड़ा और व्यापक अभियान चलाया जाएगा इस अभियान में सरकार संयुक्त अरब अमारात से ग्यारह उड़ानें संचालित करेगी जिनमें सात द्वबई से होंगी छह उड़ानें सउदी अरब दो बहरीन तीन कुवैत सात ओमान और तीन कतर से चलाई जाएंगी

राज्य के एक सौ छप्पन कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से अठहत्तर स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं कल राज्यभर में छब्बीस मरीज स्वस्थ्य हुए इसमें तेईस रांची के और तीन पलामू के हैं रांची में अब तक कल तिरानवे कोरोना पॉजिटिव मरीजों में तिरपन मरीज स्वस्थ्य हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कल रिम्स में तीन सौ अड़सठ टेस्ट हुए इनमें समी रिपोर्ट निगेटिव आये हैं कल धनबाद जिले में दो कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है दोनों सात मई को मुंबई से इलाज करा धनबाद लौटे थे पूरे राज्य में अब तक उन्नीस हजार छह सौ आठ सैंपल जांच के लिए लिये गए हैं इसमें पांच हजार नौ सौ तीस सैंपल रांची जिले के हैं झारखंड में रांची के बाद अब गढ़वा रेड जोन जिला बन गया है यहां से एक ही दिन में बीस कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे

यह वैक्सीन वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके विकसित की जाएगी जिसे आईसीएमआर के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में आइसोलेट किया गया है वायरस स्ट्रेन का ब्यौरा सफलतापूर्वक एनआईवी पुणे से भारत बायोटेक भेज दिया गया है दोनों सहयोगी कंपनियों ने वैक्सीन विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है आईसीएमआर और भारत बायोटेक वैक्सीन तैयार करने के संबंध में जल्द ही मंजूरी लेंगे आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीएसआईआर के महानिदेशक शेखर मांडे ने कहा कि यह परीक्षण एक सप्ताह में शुरू हो जाएगा

नए दिशा निर्देशों के अनुसार मामूली और बहुत कम लक्षण वाले रोगियों को उनके स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार बिना कोविंड परीक्षण के छुट्टी दे दी जाएगी कोविड देखभाल केंद्र में भर्ती कराए ऐसे मरीजों के शरीर के तापमान और रक्त में ऑक्सीजन अवशोषण पर नियमित नजर रखी जाएगी

डिस्चार्ज करने से पहले इनके परीक्षण की जरूरत नहीं होगी ऐसे रोगियों को अगले सात दिन तक घर में अलग रहने की सलाह दी जाएगी

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान और ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी

ऑक्सीजन पर रखे गए जिन रोगियों का बुखार तीन दिनों में नहीं उतरता है और कृत्रिम सांस की जरूरत बनी रहती है उन्हें रोग के लक्षण पूरी तरह समाप्त होने और लगातार तीन दिन तक स्वाभाविक ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता बने रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा गंभीर रोगियों को उनके पूरी तरह स्वस्थ होने और आरटी पीसीआर परीक्षण के बाद ही अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी

यहां प्रतिदिन करीब सात सौ जरूरतमन्दों को भोजन कराया जा रहा है कार्यक्रम का शुभारंभ धनबाद के सांसद पशुपति नाथ सिंह और विघायक राज सिन्हा ने किया

प्राधिकरिण ने कहा कि राज्य सरकारे सुनिश्चित करेंगी कि दुर्घटना की आंशका वाली औद्योगिक इकाइयों में आपदा प्रबंधन योजना अद्यतन हो और इसे लागू करने की समुचित तैयारी हो

प्राधिकरण ने निर्माण इकाइयों को कार्य शुरू करने के पहले सप्ताह को परीक्षण सप्ताह बनाने पर विचार करने को कहा है परामर्श में कहा गया है कि इस दौरान अधिक उत्पादन लक्ष्य हासिल करने का प्रयास न करते हुए सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए किसी जोखिम की आशंका कम करने के लिए विशिष्ट उपकरणों पर काम करने वाले कर्मचारियों को पूरी जानकारी देने का परामर्श दिया है दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें गंध रिसाव या ध्रंए जैसे उन खतरे के संकेतों से पूरी तरह अवगत रखा जाए जिसके बाद तत्काल रख रखाव या शट डाउन की आवश्यकता पड़ सकती है काम फिर शुरू होने पर सभी उपकरणों के निरीक्षण की सलाह दी गई है प्राधिकरण ने उद्योगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई होने पर स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग के लिए संपर्क करने को कहा गया है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने फैक्ट्री परिसर को हर समय संक्रमण मुक्त करने का परामर्श दिया है प्राधिकरण ने कहा है कि सभी कर्मियों की तापमान जांच दिन में दो बार की जाए और उन कर्मचारियों को काम पर न आने को कहा जाए जिनमें संदिग्ध लक्षण उमर रहे हों प्राधिकरण ने कहा कि सभी कारखानों और निर्माण इकाइयों को दस्ताने मास्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराना चाहिए कर्मचारियों को एहतियाती और सुरक्षा उपायों से अवगत कराने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है चौबीसो घंटे कार्यरत निर्माण इकाइयों में दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतराल रखने की सलाह दी गई है

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि घातक सामग्री के उपयोग करने वाले कामगारों को इसके सुरक्षित उपयोग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए प्राधिकरण ने कहा कि उद्योगों के फिर शुरू होने पर ऐसे कर्मेचारियों की तैनाती को लेकर किसी भी प्रकार की ढील अस्वीकार्य होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर गिरिडीह जिले के लोग अधिक से अधिक संख्या में आरोग्य सेत एप को डाउनलोड कर रहे हैं गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान ने कहा है इस एप से जहां लोग कोरोना के संकमण से जागरूक होंगे वहीं बचाव में भी यह एप मददगार साबित होगी मेयर ने आम लोगों से आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की अपील की है सरायकेला जिले में जन धन खाताधारियों के खाते में पांच पांच सौ रूपये पहंचने लगे है

खूंटी जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन आम जनों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है सैनिटाइजर की कमी और इसकी मांग को देखते हुए जेएसएलपीएस की महिलाएं लगातार मास्क और सैनिटाइजर के उत्पादन में जुटी है जिला प्रशासन के सहयोग से खूंटी के अनीगड़ा में लेमनग्रास और तुलसी का प्रोसेसिंग प्लांट भी ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से पूर्व में लगाया गया था वहां से तैयार उत्पाद का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं जिसका फायदा अब दिखने लगा है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

प्रशासन ने जिले के मंडलकारा में सजा काट रहे करीब साढ़े तीन सौ कैदियों को धनबाद और हजारीबाग सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया है वहीं बाहर से आने वाले नए कैदियों के लिए कोरेनटाइन वार्ड बनाया गया है जिले के उपायुक्त जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि जेलों में बंद कैदी मास्क निर्माण के कार्य में भी लगे हैं रामगढ़ जिले के चुटुपालू घाटी में आज हई सड़क दूर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है हमारे रामगढ़ संवाददाता ने बताया है कि एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने खड़े हाइवा में टक्कर मार दी जिसमें तीन लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गयी घटना के बारे में जानकारी देते हुए जिले के एसडीपीओ अनुज उरांव ने बताया कि लॉक डाउन में जमशेदपुर से उत्तर प्रदेश के लिये इस ट्रेलर में कुछ मजदूर जा रहे थे